सरकार ने समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के इन प्रयासों को सफल न होने दें शंकरदयाल पुण्यतिथि पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा की पुण्यतिथि के मौके पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया जा रहा है राजधानी भोपाल के रेतघाट वीआईपी रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि भोपाल की माटी के सपूत डॉ शर्मा का देश और समाज के लिए दिया गया योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा इस मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि कर्मभूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित की

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय मुस्लिम सहित देश के किसी भी धर्म के नागरिक पर यह कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होगा हमारे देश में सभी भारतीय नागरिकों को मूलाधिकार मिला हुआ है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान ने दी है इस कानून का मतलब किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित करना नहीं है सूर्य ग्रहण कई देशों के साथ भारत में भी आंशिक सूर्य ग्रहण आज सुबह नज़र आया

प्रदेश में भोपाल उज्जैन सहित कई स्थानों पर टेलिस्कोप और विशेष लेंसों के माध्यम से आंशिक ग्रहण देखने के लिए व्यवस्था की गई थी सूर्य ग्रहण के बाद मंडला शिवपुरी खंडवा उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में श्रद्दालुओं द्वारा पवित्र नदियों में स्नान किया जा रहा है

इस दो दिवसीय समारोह में दुष्यंत कुमार की गजलों की संगीतमय प्रस्तुति और राष्ट्रीय अलंकरण प्रदान किये जायेंगे समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक लीलाधर मंडलोई होंगे जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा करेंगे मौसम प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कड़ाके ठंड पड़ रही है वहीं घने कोहरे और धुंध के कारण सड़क और रेल परिवहन पर भी असर पड़ा है भोपाल और दिल्ली के बीच चलने वाली अधिकतर ट्रेन कई घंटे की देरी से चल रही है प्रदेश में सबसे कम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस ग्वालियर दतिया में दर्ज किया गया भोपाल में भी न्यूनतम तापमान दस डिग्री रहा

कड़ाके की ठंड के चलते श्योपुर जिले में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है सतना और शिवपुरी जिले में भी घना कोहरा छाया रहा

उन्होंने भोपाल के साथ साथ जबलपुर में भी सेवायें दी थी

इसमें अनुसूचित जाति जनजाती पिछड़वर्ग और महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण किया जायेगा